इसी के साथ स्कूलों में प्रवेशोत्सव का दूसरा चरण भी शुरू हो गया है

उन्होंने कहा कि विशेष नामांकन और ठहराव अभियान के तहत घर घर जाकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विद्यालय जाने वाले आयु वर्ग के कोई बालक बालिका शिक्षा से वंचित नहीं रहे शिक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि सघन नामांकन अभियान का क्रियान्वयन शिक्षा विभाग के साथ ही ग्रामीण विकास और पंचायती राज महिला और बाल विकास तथा जिला प्रशासन आदि के सहयोग से किया जायेगा श्री देवनानी ने बताया कि इस बार पूर्ण नामांकन तथा ठहराव के लक्ष्य को प्राप्त करने वाली पंचायतों को उजियारी पंचायत के रूप में चिन्हित कर सम्मानित किया जायेगा

राज्यपाल श्री कल्याण सिंह ने इसके लिए न्यू बेस्ट प्रेक्टिस मॉडल तैयार करवाया है इसके तहत जनजाति उप योजना क्षेत्र के राज्य विश्वविद्यालय ग्रामीण युवाओं और युवतियों को कौशल प्रशिक्षण रोजगार तथा स्वरोजगार की व्यवस्था मुहैय्या करायेंगे राज्यपाल श्री सिंह ने टीएसपी एरिया के तीनों विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को सोमवार को पत्र भेजकर इस संबंध में निर्देश दिये हैं कुलाधिपति श्री कल्याण सिंह ने कहा है कि प्रशिक्षित युवाओं को अभिनव परियोजनाओं से जोड़ कर रोजगार और स्वरोजगार प्रदान कराया जायेगा जिससे जनजाति क्षेत्रों के ग्रामीण युवक और युवतियां आत्म निर्भर बन सकेगें

जिला कलक्टर सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि आज जयपुर तहसील का नियमित वाद कोर्ट कलक्ट्रेट में आयोजित किया जायेगा इसी प्रकार सांगानेर आमेर बस्सी चाकसू दूदू फुलेरा चौमूं तथा कोटप्रतली में भी राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है

एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे नरेन्द्र मोदी एप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव दे सकते हैं